कहा मशीन के स्थापित होने से महिलाओं को मिलेगा लाभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस से गरीब और वंचित लोगों का कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने संकट के दौरान जन सुरक्षा के लिए पूर्व सक्रियता और तैयारी पर भी दिया जोर

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा सेनिटरी नैपकिन का मुद्दा महिलाओं के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है आज भी महिलाएं सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल न करने के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं

इस यूनिट को बाल विकास विभाग और आंगनवाडी कार्यकत्रियों की मदद से चलाया जाएगा गौरतलब है कि महिलाओं एवं बालिकाओं तक सस्ती सेनिटरी नैपकिन मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य के स्कूलों में वेंडिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है एक नैपकिन की कीमत तीन रूपये होगी वेंडिंग मशीन में तीन नैपकिन का एक पैकेट होगा जो दस रूपये के एक अथवा पांच पांच रूपये के दो सिक्के डालने के बाद निकलेगा मन की बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक बुद्धि जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग गरीब वंचित और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर जागरुकता के कारण लू से होने वाली मौतों में काफी कमी आई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोषित गोबर धन कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रतिदिन तीस लाख टन गोबर का उत्पादन होता है उसका उपयोग ऊर्जा पैदा करने और कम्पोस्ट खाद बनाने के काम में किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिलाओं के विकास की जगह अब महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया का सपना वही है जिसमें नारी सशक्त हो सबल हो और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो समापन समारोह मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित कर रही है देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ ही खेलों में भी रूचि लेनी चाहिए खेलों से व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास सुनिश्चित होता है उन्होंने बताया कि राज्य में खेलों के लिये मूलभूत सुविधाओं को विकास किया जा रहा है कार्यकम में श्री रावत ने एनसीसी कैडेट परेड की सलामी ली और प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया एमओयू आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि प्रदेश के उद्योगों को अब शीरे की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा इसके लिए उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के बीच शीरे की बिक्री एवं खरीद के सम्बन्ध में समझौता हुआ है

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में काफी अधिक मात्रा में शीरे की आवश्यकता पड़ती है

श्री पंत ने कहा कि शीरे का उत्पादन कम होने के कारण उद्योगों के उत्पादन में प्रभाव पड़ता था उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से समझौता होने के बाद अब प्रदेश के उद्योगों को शीरे की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा

उन्होंने सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों कार्यदायी संस्थाओं और ठेकेदारो से निर्माण कार्यो में प्रगति की जानकारी ली समीक्षा के दौरान भू अधिग्रहण मुआवजा वितरण वन भूमि हस्तान्तरण कार्य शुरू होने की तिथि और कार्य पूरा होने के समय का टाइम फ्रेम तय किया गया मुख्य सचिव ने कहा कि समय से पहले कार्य पूरा करने वाले ठेकेदारो को बोनस के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा श्री कुमार ने हर हाल में रोड कटिंग का काम अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि चारधाम यात्रा का सुचारू संचालन हो सके

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वजल पेयजल परियोजना और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को शुरू करने के लिए उत्तरकाशी की यात्रा करने के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रोजगार पैदा करने के लिए यहां लागू मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में लागू करने का फैसला किया है उन्होंने कहा उत्तरकाशी में स्वजल और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना इलाके की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है गौरतलब है कि जिले के सादग गांव में पेयजल और स्वच्छता परियोजना का संचालन और देखभाल ग्रामीण करते हैं और यह रोजगार सूजन में मददगार है

आज नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों से कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकने के साथ ही बेटियों को शिक्षा देने की अपील की गई जिले की गरूड़ तहसील के वज्यूला उड़खुली थान डंगोली आदि विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाकर बेटियों को बचाने का संदेश दिया गया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला पुरुषों में बढ़ रहे लिंगानुपात भ्रूण हत्या बाल विवाह और महिलाओं के तिरस्कार को रोकने के लिए सभी को आगे आने के लिए जागरूक किया गया

कार्यक्रम का उद्देश्य बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है

इसमें प्रदेश के राज्यपाल हम हैं बेटियां विषय पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे टैक्स देहरादून नगर निगम मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स भी वसूलेगा

इससे पहले भी टैक्स वसूलने की कोशिश की गई थी लेकिन एक समान अभिलेख न होने से ये कार्य नहीं हो सका था नगर आयुक्त ने बताया कि सभी मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण कर लिया है ताकि हाउस टैक्स जमा कराया जा सके उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स वसूलने के लिए फार्म बांटे जा चुके है और जल्द ही कैम्प लगाकर मलिन बस्तियों के लोगों से टैक्स जमा कराया जाएगा

जिला प्रशासन और मंदिर प्रबन्धन समिति जागेश्वर के सहयोग से आयोजित अभियान में विभिन्न स्कूली छात्र छात्रों स्थानीय लोगों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया

सफाई अभियान के बाद सभी स्कूली बच्चों को जटागंगा सफाई की शपथ दिलायी गयी बसंतोत्सव बसंतोत्सव के दूसरे दिन आज राजभवन लोगों की भीड़ से गुलजार रहा राजभवन में लगी पुष्प पदर्शनी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे राज्यपाल ने कहा है कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बड़ी तादाद में हुए पुष्पोत्पादन ने इस क्षेत्र में विकास की असीम सम्भावनाएं जागृत कर दी हैं प्रदेश में फूलों की खेती का बढ़ता क्षेत्रफल बहुत अच्छा संकेत हैं डॉ पॉल ने कहा कि परम्परागत कृषि का एक सबसे लाभकारी विकल्प होने के कारण उत्तराखण्ड में फूलों की खेती छोटे काश्तकारों के लिए आमदनी का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह के समय बारिश हुई दोपहर के समय धूप खिली होने के चलते मौसम सुहावना बना रहा कल रात राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के समाचार प्राप्त हुए हैं बदरीनाथ केदारनाथ फूलों की घाटी हर्षिल व अन्य ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है जिसके चलते यहां ठण्ड बढ़ गई है

विभाग का मानना है कि तीन हजार पांच सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है